फेफड़े के संक्रमण के कारण कल उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी

उन्होंने केंद्रीय वित्त रक्षा विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया

इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है प्रदेश शोक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों सहित पूर्व मुख्यमंत्री शांताकुमार व प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख जताया है

इनमें झंड्ता में लोक निर्माण विभाग के मंडल और उप अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन भी शामिल है इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का मंडल खुलने से क्षेत्र के लोगों की लंबित मांग पूरी हुई है जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस को लेकर और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पिछले कुछ समय से बारिश के मौसम के चलते कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों का आभार जताया

इस अवसर पर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में बेहतर है जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों को जाता है अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर को रेल लाईन से जोड़ने के लिए प्रयास जारी है विधायक जेआर कटवाल ने क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं को उदघाटन व शिलान्यास करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोजगार सूजन उद्यमिता पर विशेष बल दिया है

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में बहु विषयक उच्च शैक्षणिक संस्थानों सहित पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन और विद्यार्थियों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श करने की भी जरूरत है

प्रदेश में धार्मिक स्थल भाषा कला व संस्कृति विभाग द्वारा जारी एसओपी जबकि पयर्टन इकाईयां पयर्टन विभाग द्वारा जारी एसओपी के आधार पर खुलेंगी

बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वालों को कोविड ई पास सॉफटवेयर के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को क्वारंटीन सैंटर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा प्रदेश में बाहरी राज्यों से लेबर लाने वाले बागवानों उद्योगपतियो और ठेकेदारों आदि को जारी एसओपी के तहत मजदूर लाने होंगे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रदेश से बाहर जाने या हिमाचल आने के लिए कोविड ई पास साफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाने से छूट प्रदान की गई है विद्यार्थियों को जारी एडमिट कार्ड ही वेलिड डाक्यूमेंट होगा

गोविंद ठाकुर कुल्लू ज़िला सूत्रधार कला संगम द्वारा कुल्लू में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर वैभवशाली है और इसके संरक्षण व संवर्धन में सूत्रधार कला संगम का अहम योगदान रहा है इस बीच शिक्षा मंत्री ने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर में मोबाईल वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया ये कार्यक्रम ज़िले के विभिन्न शिक्षा संगठनों की ओर से जरूरतमंद विद्यार्थियों को मोबाईल फोन वितरित करने के लिए आयोजित किया गया था राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि केंद्र सरकार के पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय पहली अक्तूबर से शिमला में कार्य करना आरम्भ कर देगा मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई है

राठौर ने कहा कि कोरोना के चलते देश में चार करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां खत्म हो गई है और केंद्र सरकार अमी भी अपने प्रचार में ही लगी है उन्होंने केंद्र की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों से आगे आने का आहवान किया है